बाढ सहायता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ से अत्यधिक हानि हुई है इसको देखते हुए सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी जिन लोगों के मकान ट्रट गये हैं उन्हें घर भी बनाकर दिया जायेगा श्री चौहान ने कल भोपाल में अपने निवास पर बाढ़ प्रभावितों को सहायता के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं उन्हें एक लाख रुपये की राशि मनरेगा के अंतर्गत बीस हजार रुपये और शौचालय निर्माण के लिए बारह हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन पशुपालकों के शेड नष्ट हुए हैं उन्हें सत्तर हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में मनरेगा के तहत सौ दिन के रोजगार के अलावा पचास दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए भी जल्द ही केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिये शिक्षा संवाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका

इसके माध्यम से स्कूल और उच्चतर शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य तय किया गया है इस नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केन्द् बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे

सरकार हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस क्षेत्र में प्राथमिकता देगी केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण कच्चे माल विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है उपचुनाव तैयारी प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कल भोपाल में राज्यस्तरीय बैठक की इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टीजनों से कहा कि वे सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जायें और उन्हें पार्टी की नीतियों से भी अवगत करायें श्री चौहान ने चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आहवान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों की भलाई के लिए काम किये हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है कोरोना संकमण और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया इस बैठक में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य सांसद और विधायक भी शामिल हुए

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस परियोजना से कृषि सिंचाई उद्योग और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा श्री सिलावट ने केन बेतवा परियोजना के लिए जल्द उत्तरप्रदेश के सिंचाई मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक किये जाने की भी जानकारी दी इस बैठक में अतिवर्षा के बाद प्रमुख बांधों और तालाबों की स्थिति की समीक्षा की गई और इनके आसपास समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये

इंदौर में जहां अब तक दस हजार एक सौ उन्तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नौ हजार छह सौ इकसठ है

पर इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं

इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है

जिला कलेक्टर ने सर्वे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं

कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की है